केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल शर्मा के अनुसार सौ लोगों को सुरंग के माध्यम से लाहौल भेजे जाने को लिए जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है गौरतलब है की घाटी में हैलीकॉप्टर की उड़ान कई दिनों से बंद है ऐसे में उड़ान का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत मिली है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा आज जोगिन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र के सतैण में चुनावी जनसभा करेंगे दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के छरोड़ नाला चोंग छिजंरा बरशैणी तथा कसोल में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे

निर्वाचन विभाग द्वारा कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी

नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

निगरानी टीम मंडी के जिला निर्वाचन अधिकरी व उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए चुनावी खर्चे की निगरानी के लिए स्थैतिक निगरानी टीमे गठित की है उन्होंने बताया कि ये निगरानी टीमें जिला में प्रमुख मार्गो स्थानों तथा सीमाओं पर वाहनों की जांच करेगी

इसके अलावा वाहन में बड़ी मात्रा में कपड़ा साड़ियां और अन्य वस्तुएं होने पर भी संबंधित दस्तावेज साथ रखने होंगे मतदाता जागरूकता मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वीप कार्यक्रम के तहत शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के नड्खर मढयालू तथा बसंतपुर में मतदाताओं को जागरूक किया गया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुर में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर वोट के महत्व का संदेश दिया दूसरी ओर ऊना जिला में डीएवी स्कूल ऊना में मतदाता जागरूकता के लिए प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित की गई स्कूल के प्रधानाचार्य ने छात्रों से लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता जागरूकता के लिए कार्य करने का आह्वान किया

इनकी सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है जो दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने और वापस घर छोड़ने को सुनिश्चित करेगी

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में चढ़ेगा सियासी पारा कल से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू

अमर उजाला की ये खबर भी ध्यान आकृष्ट करती है वोट डालो और डीसी के साथ करो लंच इस पत्र की एक अन्य ख़बर है आपराधिक केस पर प्रत्याशी को तीन बार देना होगा इश्तिहार

दैनिक जागरण विधायक सुन्दर ठाकुर के हवाले से लिखता है रघुनाथ जी की कसम कांग्रेस को दें वोट आपका फैसला वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है भाजपा का वश चले तो स्कूलों को बंद करके खोल दे संघ की शाखाएं आपका फैसला लिखता है लक्ष्मी जरयाल बनी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री महेन्द्रनाथ सोफत के फिर भाजपा शामिल होने की खबर भी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है धर्मशाला कॉलेज में तैयार होंगे इंजीनियर बीटेक आईटी करवाने वाला हिमाचल का महाविद्यालय बनने की दहलीज पर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

नमस्कार